दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी प्रचार में जुट गए हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज चिड़गांव ठियोग और सुन्नी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रदेश भाजपा महासचिव चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर चिंतपूर्णी निर्वाचन क्षेत्र कांगड़ा से उम्मीदवार किशन कपूर जयसिंहपुर में मंडी से रामस्वरूप शर्मा सुंदरनगर और शिमला लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप नाहन निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसम्पर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राम लाल ठाकुर देहरा निर्वाचन क्षेत्र मंडी से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा रामपुर विधानसभा क्षेत्र जबकि शिमला से धनीराम शांडिल शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थानों पर प्रचार करेंगे

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिमला व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में तीन तीन जबकि मंडी व कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में दो दो मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे प्रवक्ता के मुताबिक दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है और उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिन्ह वाले ब्रेल बैलेट पेपर मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे चुनाव प्रबंध इस बीच कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए दो सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं ये पर्यवेक्षक किसी भी व्यक्ति की चुनाव संबंधी शिकायतों को सुनेंगे

दैनिक जागरण का शीर्षक है सोलन के पार्थ सैनी हिमाचल के टॉपर पंजाब केसरी का कहना है सोलन का पार्थ देश में तृतीय प्रदेश में प्रथम दिव्य हिमाचल के अनुसार सोलन का पार्थ हिमाचली टॉपर पूरे देश में पाया तीसरा स्थान

शिमला दुष्कर्म मामले में नया मोड़ चश्मदीद आया सामने कहा आपात स्थिति में छात्रा ने मांगी थी मदद अमर उजाला की खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है हरियाणा की युवती के अपहरण कर दुष्कर्म की जांच बनी पुलिस के गले की फांस डीसी कांगड़ा को नोटिस शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है धर्मशाला डीसी ऑफिस में कांग्रेसियों की खातिरदारी पर जवाब तलब